उन्होंने कहा कि लोगों में राष्ट्रीय भारतीय नागरिक रजिस्टर और नागरिकता अधिनियम में संशोधनों को लेकर भ्रम की स्थिति है जबकि ये दोनों अलग अलग है उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर असम में एनआरसी लागू किया जा रहा है और यह घुसपैठियों की पहचान करने के लिए हैं उन्होंने कहा कि जब पूरे देश में एनआरसी लागू होगा तो असम में भी यह प्रकिया फिर होगी

कुछ निकायों में दोनो ही प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस स्पष्ट बहमत का आंकडा प्राप्त नहीं कर पाये है ऐसे में यहां निर्दलीय प्रत्याशियों की अहम भूमिका रहेगी इस लिहाज से भाजपा और कांग्रेस ने निर्दलीय प्रत्याशियों को साधने के लिए बाडाबंदी शुरू कर दी है अध्यक्ष पद के लिए कल अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भरने की प्रकिया शुरू हो गई थी नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है नामांकन पत्रों की जांच कल होगी

महाराष्ट्र में स्थिर सरकार बनाने को लेकर कल एनसीपी के शरद पंवार ने कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं के साथ बैठक की बैठक के बाद एनसीपी के नेता नवाब मलिक और कांग्रेस के पृथ्वी राज चव्हाण ने मीडिया को बताया कि महाराष्ट्र में जल्द ही सरकार का गठन कर दिया जायेगा वहीं नवाब मलिक ने कहा कि तीनो दलों के गठबंधन की सरकार बनेगी इसकी घोषणा एक दो दिन में हो जायेगी श्री मलिक ने बताया कि बैठक में तय हुई बातों से शिवसेना को भी अवगत करा दिया गया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति की कल नई दिल्ली में हुई बैठक में खाद्य आपूर्ति और उपमोक्ता मामलों के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी खाद्य आपूर्ति मंत्रालय ने एमएमटीसी के माध्यम से विदेशों से प्याज का आयात करने का निर्णय लिया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संवाददाता सम्मेलन में कैबिनेट के निर्णय की जानकारी दी राज्यपाल कलराज मिश्र ने कल जयपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाकर सांभर में हुई पक्षियों की मौत और बचाव के उपायों के बारे में समीक्षा की मुख्य सचिव डीबी गुप्ता और वन तथा पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से उन्होंने विस्तृत चर्चा की श्री मिश्र ने कहा कि पक्षियों में रोग के फैलाव को रोकने और इससे बचाव के लिए पुख्ता प्रबन्ध किये जाये श्री मिश्र ने कहा कि इस बीमारी पर तत्काल नियंत्रण किया जाना भी र्बहद जरूरी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ बेखौफ होकर कार्रवाई करने को कहा है कल जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यूरो की कार्रवाई में किसी तरह का पक्षपात न हो उन्होंने कहा कि ब्यूरो मुख्यालय आने वाले सभी पीडितों की सुनवाई की जाये

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

देश विदेश से फिल्म जगत की जानी मानी हस्तियां इस समारोह में शामिल हुई है